मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल समीक्षा बैठक में मेट्रो का काम तेज गति और गुणवत्तापूर्ण किये जाने के निर्देष दिए

कार्य को गति प्रदान करने के लिए ज्वाइंट वेन्चर बोर्ड के गठन भोपाल और इंदौर मैट्रोपोलिटन क्षेत्र को अधिसूचित करने तथा भूमि अधिग्रहण आदि के संबंध में कार्रवाई तत्परता के साथ की जाए मुख्यमंत्री विद्यार्थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों और मध्यान्ह भोजन के रसोइयों को संबोधित किया

इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में स्कूल बंद हैं और आगे कब खुलेंगे यह अभी बताया नहीं जा सकता सरकार द्वारा बच्चों की पढ़ाई की ऑनलाइन और रेडियो कार्यक्रमों आदि के माध्यम से व्यवस्था की गई है

तोमर बैठक कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि विपणन में सुधार के लिए प्रभावी उपाय कर रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में श्री तोमर ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत योजना पर विशेष ध्यान देते हुए किसानों के कल्यांण के लिए अनेक प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले चार वर्ष तक उपयोग के लिए एक लाख करोड रूपये का कृषि अवसंरचना कोष बनाया है कृषि मंत्री ने कहा कि इस कोष से फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं सुजित की जाएंगी उन्होंने कहा कि इससे कृषि संबंधी ब्रनियादी ढांचा मजबूत करने भंडारण गृहों कोल्ड स्टोरेज के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन सुविधाए बढाने में मदद मिलेगी इससे किसानों की आय बढेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढावा मिलेगा

ईएसआईसी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल कर रहा है जिसके अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आने वाले कामगारों को बेरोजगारी लाभ दिया जाता है

मौजूदा शर्तो में ढील देने और कोविड महामारी के दौरान रोजगार खोने वाले कामगारों को दी जाने वाली राहत राशि में वृद्धि करने का भी निर्णय किया गया है एनआरए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही राज्य के युवाओं को नौकरी दी जाएगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बताया कि केंद्र सरकार के निर्णय को अमल में लाने और एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर ही नौकरी देने का निर्णय लिया गया है ऐसा निर्णय लेने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है इससे युवाओं का जीवन सहज सुगम बनेगा श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन से एक परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सकेगा इस अनूठी व्यवस्था के तहत युवाओं को अलग अलग आवेदन और अलग अलग फीस भरने से मुक्ति मिलेगी अभ्यर्थियों के समय की बचत के साथ भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी स्कूल समीक्षा स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने कल मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की इस दौरान श्री परमार ने शिक्षा विभाग के सेट अप में परिवर्तन के विषय में अधिकारियों से चर्चा की और नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करने तथा संसाधनों की आपूर्ति स्कूलों की व्यवस्था आदि की जानकारी ली श्री परमार ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा में आमूल चूल बदलाव लाने के लिये बुनियादी शिक्षा में सुधार के लिए भाषा और गणित की मूलभूत दक्षताओं में सुधार होना अत्यावश्यक है इसके लिए प्रोजेक्ट अंकुर प्रारंभ किया जाएगा

स्मार्ट रूम आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा है कि आयुष विभाग से संबद्ध प्रदेश के सभी महाविद्यालय स्वशासी फण्ड से आवश्यकतानुसार स्मार्ट रूम विकसित करें श्री कावरे कल आयुष संचालनालय में प्रदेश के आयुर्वेदिक होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान कहा कि शिक्षक महाविद्यालय में आकर ऑनलाइन क्लास लें साथ ही उन्होंने प्रोफेसर और प्रिंसिपल को भी समय समय पर क्लास लेने के निर्देश दिए श्री कावरे ने निर्देश दिए कि सितम्बर माह में दूसरा वेबिनार आयोजित किया जाय उन्होंने कहा कि महाविद्यालय और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में समग्र प्रयास किये जाने चाहिये

मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से ही रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है नदी नालों में उफान आने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है भोपाल में कल शाम को तेज बारिश हुई